यह बात कल उन्होंने आईजीएमसी शिमला में निगम के प्रशिक्षु परिचालकों की भूख हड़ताल समाप्त करने के दौरान कहीं गोविंद ठाकुर ने कहा कि हड़ताल के कारण प्रशिक्षण पूरा न कर पाने वाले प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त समय दिया जाएगा

बैठक प्रदेश में हैली टैक्सी सेवाओं के संचालन को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा की अध्यक्षता में कल शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया उन्होंने विभिन्न उड्डयन एयर टैक्सी कम्पनियों को सरकार की तरफ से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया बैठक में उड्डयन कम्पनियों व होटल एसोसिएशन और टैवलज़ एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार के सहयोग से प्रदेश में विभिन्न स्थानों से वायु सम्पर्क को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई स्वच्छता प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करने के अभियान के तहत शहरी विकास विभाग द्वारा कल शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया

उन्होंने बताया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों अर्की ज्वालाजी और हमीरपुर को खुले में शौच मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है मोबाईल एप्प भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए एक मोबाईल एप्प लॉच की है जिसमें मतदाता घर बैठे अपना नाम शामिल कर सकते हैं सरकाघाट को एसडीएम श्रवण कुमार ने कल मंडी में हुई एक प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन दी गई जानकारी का सत्यापन करने उनके घर जाएंगे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी हल्के बादल छाए हुए हैं उंची चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि व वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है उधर जनजातीय जिले लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार राहेतांग दर्रा आज तीसरे दिन भी बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक और मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी का शीर्षक है पावर पॉलिसी में संशोधन करेगा हिमाचल

हिमाचल दस्तक की सुर्खी है ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है ऊर्जा नीति के संशोधन को सरकार की मंजूरी अजीत समाचार के मुताबिक मंत्रिमंडल ने जलविद्युत नीति में संशोधन को दी मंजूरी आपका फैसला ने लिखा है तीन साल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मी होंगे पक्के मौसम पर अमर उजाला ने लिखा है फसलों पर कहर बनकर बरसे ओले आज भी अलर्ट जारी दिव्य हिमाचल का शीर्षक है मई में जनवरी जैसी कंपकंपी

हिमाचल दस्तक के अनुसार लाहौल रोहतांग और घौलाघार पर बर्फबारी जबकि आपका फैसला लिखता है ओलावृष्टि से करोड़ों की फसलों को नुक्सान

दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सख्त कदम जरूरी में लिखा है कि प्रदेश में नशा तस्करी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए समी जिलों में इसके खिलाफ अभियान चले और इस धंधे में लिप्त सभी लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की जरूरत है